केंद्रीय वित्त मंत्री पियुष गोयल ने कहा कि कर सरलीकरण सरकार की प्राथमिकता है नई दिल्ली में कल अट्ठाईसवीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री गोयल ने ये बाट कही उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद अब राजस्व संग्रह के अलावा रोजगार सुजन पर भी ध्यान देगी श्री गोयल ने कहा कि वस्तु और सेवाकर परिषद में संशोधनों को मंजूरी दे दी है अब इन्हें संसद में पारित किया जायेगा वस्तु और सेवाकर परिषद ने अस्सी से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की है और सेनेटरी नेपकिन राखी स्टोन मार्बल लकड़ी की मुर्तियों तथा साल पत्तों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है श्री गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि एक हजार रुपये से कम कीमत के जूते चप्पलों पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा उन्होंने कहा कि इन फैसलों से सवा सौ करोड़ नागरिकों विशेषकर निम्न और मध्य आय वर्ग वाले परिवारों व्यापारियों और दस्तकारों को लाभ होगा वित्त मंत्री ने कहा कि इन फैसलों का राजस्व संग्रह पर मामूली असर पड़ेगा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित एक समारोह में छात्र पुलिस कैडेट एस पी सी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की इस अवसर पर श्री सिंह ने आशा व्यक्त की कि यह कार्यक्रम लंबे समय तक युवाओं में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देगा जिससे उनके चरित्र निर्माण पर ध्यान देकर धीरे धीरे बड़ा बदलावा लाया जा सकता है उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षा में केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही अधिक जोर दिया जा रहा है और छात्रों के चरित्र निर्माण पर कम ध्यान दिया जाता है जिससे अपराध बढ़ते है और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है श्री सिंह ने कहा कि एस पी सी कार्यक्रम बुजुर्गों अनुशासन सामाजिक जिम्मेदारी और पुलिस छात्र संवाद के जरिए आदर्श सम्मान के मूल्यों को मन में बैठाकर छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करेगा मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है जो शुरुआत में सरकारी स्कूलों में और बाद में सभी स्कूलों में शुरु की जाएगी राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से विविध और व्यापक शोध करने का आग्रह किया जिससे कि उपयोगकर्ताओं किसानों व्यापारियों और उत्पादकों को स्थानीय रुप से उपयुक्त प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने में मदद मिल सके राज्यपाल ने यह बात कल राजभवन में पासीघाट के बागवानी एवं वानिकी महा विद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ आर सी शाक्वार और तकनीकि कर्मचारी अरुण कुमार सिंह के साथ हुई बैठक में कही

पुलिस के अनुसार सभी अभियुक्त असम और उसके पार से नशे की आपूर्ती करने में संलिप्त है

गैर सरकारी संगठन हेल्पिंग हैंड्स के संस्थापक एव संयुक्त आयुक्त रोबिन हिबू ने शांति निर्माता बहादुर प्रस्कार दो हजार अट़ठारह प्राप्त किया

श्री रोबिन हिबू को ये प्रस्कार उनके गैर सरकारी संगठन द्वारा पूर्वोत्तर के कमजोर एवं असहाय लोगों की मदद और युवा सशक्तिकरण के प्रयासों के लिए दिया गया था अपर सियांग जिला उपायुक्त द्वले काम्द्रक ने बिना जानकारी के अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के लिए पादु एबेंग के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया है ये आदेश जिला उपायुक्त द्वारा जिले के कई स्कूलों में स्कूली प्राधिकारियों को सूचित किए बिना स्कूलों की कार्यप्रणाली की जांच करने के बाद दिया गया है लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विधायी सचिव कुमसी सीडिसो ने कल वेस्ट कामेंग जिले के तेंगा में स्टील सस्पेंसन पुल का उद्घाटन किया विधायी सचिव ने कार्यकारिणी एजेंसी से कार्य की ग्रणवत्ता बनाए रखने और स्थानीय लोगों से विभाग के साथ सहयोग देने का आग्रह किया बाद में श्री सीडिसों ने मोटेरेबल डेकिंग पूल की आधारशिला भी रखी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 आज का अधिकतम तापमान एकतीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि चौबीस घंटों के दौरान एक दशमलव एक मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई